इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एम्स के निदेशक से राष्ट्रपति कोविंद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली श्री सिंह ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया इससे पहले पिछले सप्ताह राष्ट्रपति को सीने में तकलीफ के बाद दिल्ली के सेना अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था बाद में उन्हें एम्स स्थानांतरित कर दिया गया जहां उनका ईलाज किया जा रहा है

इसके लिए कोविन वेबसाइट पर पहले से पंजीकरण कराया जा सकता है दोपहर तीन बजे के बाद नजदीकी टीकाकरण केन्द्र पर पहचान दस्तावेज दिखाकर उसी समय भी पंजीकरण कराया जा सकता है सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले राज्यों से कहा है कि वे आरटी पीसीआर जांच बढ़ायें और संक्रमितों को तुरंत आइसोलेट करें तथा उनके सम्पर्क में आने वालों का पता लगायें स्वास्थ्य सचिव राजेश भृषण ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को बताया कि देश के दस जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या सबसे अधिक है स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं मंत्रालय ने उनसे कहा है कि ये आरटी पीसीआर जांच पर जोर दें अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में रेपिड एंटीजन टेस्ट करने को भी कहा गया है

डॉ हर्षवर्द्वन ने आज दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली उन्होंने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की

आज एक परामर्श जारी कर महानिदेशालय ने बताया है कि कुछ हवाई अज्ञों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और यह असंतोषजनक है

परामर्श में सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि ये यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों को सुनिश्चित करें हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना वसुलने का निर्देश दिया गया है

यह सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है

यह देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार माना जाता है

इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह हैं आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर लिम्बाले ने भावक होते हए बताया कि उन्होंने अपने करियर की श्रूआत लोक प्रसारक के रूप में की उनके लिखे उपन्यास में उनके योगदान को दर्शाया गया है पिछले वर्ष पदमाजा घोरपाडे ने उनके उपन्यास का हिन्दी में अनुवाद किया

बाद में वे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए

टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती मुर्म ने कहा कि झारखंड अध्यात्म के साथ साथ पर्यटन स्थल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है

उन्होंने यह भी कहा कि कीर्ति स्तंभ आने वाले समय में युवाओं को प्रेरित करता रहेगा

इसमें से एक हजारीबाग के अन्नदा चौक पर स्थित कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया गया इस मौके पर जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि इतिहास कीर्ति स्तंभ और शिलालेख से पहचाना जाता है आने वाले समय में हजारीबाग का इतिहास भी कीर्ति स्तंभ से जाना जायेगा

श्री रंजन ने छत्तीसगढ़ से आनेवाले सभी बसों को सवारियों का टेस्टिंग कराने का भी निर्देश दिया है कल से आइटीआइ बस स्टैंड में मजिस्ट्रेट के साथ मेडिकल टीम टेस्टिंग के लिए मौजुद रहेगी डीसी रांची ने जिला शिक्षा अधीक्षक को सभी सरकारी एवं गैरसरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की भी टेस्टिंग सुनिश्चि करवाने का निर्देश दिया है

स्वास्थ विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के क्ल मामलों की संख्या एक लाख तेईस हजार नब्बे हो गई है इनमें एक हजार नौ सौ सरसठ सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख बीस हजार बारह मरीज ठीक हए हैं अबतक राज्य में एक हजार एक सौ दस मरीजों की मौत कोरोना से हई है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव चार नौ प्रतिशत है

भाजपा के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने आज अपना नामांकन पर्चो दाखिल किया

श्री सत्यप्रकाश पटेल आइएस सामान्य प्रेक्षक और श्री सुभ्रज्योति चकवती आइआरएस को व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किया गया है

वहीं महागठबंधन से हफीजुल हसन चुनावी मैदान में हैं मधुपुर विधानसभा सीट के लिए सत्रह अप्रैल को मतदान होगा और दो मई को मतों की गिनर्ती होगी

मध्युपुर से विधायक और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से यह सीट खाली हुई है पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कल देर रात नशे की हालत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी

हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित पासवान नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा के बाद नशे की हालत में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को खबर दिए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है हजारीबाग जिले में इचाक थाना क्षेत्र के बरियठ में रांची पटना राष्ट्रीय उच्च पथ पर हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई इस घटना में कार चालक सुमित कुमार सुरक्षित हैं दो लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई जबकि एक व्यक्ति की मौत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई

फिलहाल दर्गा महतो का इलाज रांची के रिम्स में कराया जा रहा है पीड़िता की ओर से उसकी छोटी बहन ने परिवार परामर्श केंद्र बीरवांस में शिकायत दर्ज करायी है उसने दुर्गा महतो के साथ मारपीट करने वाले गांव के दो पुरुष और दो महिलाओं का नाम बताया है सरायकेला खरसावा जिले के पुलिस अधीक्षक मो अरसी ने गौरांग कोचा स्थित मदरसे में बच्चों के बीच होली के अवसर पर मिठाइ बांटी

आकाशवाणी रांची में तकनीशियन के पद पर कार्यरत राजकिशोर सिंह का आज निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार रांची के हरमू स्थित मुक्तिधाम में किया गया